केन्द्र ने इस बारे में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है

उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी अल्पसंख्यक समुदायों हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई धर्म के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी भाजपा सीएए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कल जबलप्र में जनसमर्थन सभा को संबोधित करेंगे श्री शाह की सभा की तैयारियां जोरों पर है आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने कल सभा स्थल का जायजा लिया उधर डिण्डोरी में केन्द्रीय मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते आज प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे इन्दौर में आज इस कानून के समर्थन में भारत सुरक्षा मेंच द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है उमरिया में भी आज जागरूकता मंच द्वारा रैली निकाली जायेगी कमलनाथ शराब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट किया है कि आबकारी नीति से नई शराब दकानें नहीं खुलेंगी

गौरतलब है कि नई आबकारी नीति के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था

राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा

इंदौर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रंजीत सिंह देवके ने बताया कि सप्ताह के दौरान आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करने के लिए नुक्कड़ नाटक जागरुकता रैली दृष्य एवं श्रव्य माध्यमों से प्रचार जैसी गतिविधियां आयोजित होगी विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए चित्रकला वाद विवाद पोस्टर निबंध और नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा उमरिया जिले में यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा दिव्यांग शिविर इंदौर जिले में ऐसे दिव्यांग जिनके हाथ अथवा पैर नहीं है उनके पंजीयन के लिये कल माणिक बाग रोड स्थित चोइथराम स्कूल परिसर में षिविर का आयोजन किया जा रहा है इस शिविर में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदाय करने हेतु दिव्यांगों का चयन किया जायेगा

बैठक में प्रत्येक अभिभावक से चर्चा की जायेगी

बैठक का उद्देश्य शासकीय शालाओं में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है गौरतलब है कि राज्य शासन ने स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये प्रत्येक तीन माह में एक बार सभी स्कूलों में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं मौसम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फवारी और उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीली हवाओं से भोपाल सहित नौ शहर श्योपुर सागर दतिया शाजापुर नरसिंहपुर धार खरगोन और टीकमगढ़ में कल शीतल दिन रहा विभाग ने आज भी मौसम के तेवर लगभग ऐसे ही रहने के आसार है

शार्दूल को प्लेयर ऑफ द मैच और नवदीप को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया